स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार नौ प्रतिशत

और बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिये चुना गया

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुये वाहनों से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट की वैधता की अवधि बढ़ाकर इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक कर दी है मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिये मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण से अब तक दो लाख चौवालीस हजार छह सौ अठासी लोग मुक्त हो चुके हैं राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है अभी चार हजार नौ सौ तेईस रोगियों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से एक दशमलव छह सात प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटे में सात सौ तीन रोगी स्वस्थ हो चुके हैं जबकि कोविड उन्नीस के पांच सौ पैंतालीस नये मामले दर्ज किये गये सबसे अधिक दो सौ पचहत्तर मामले पटना जिले से सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से तीस और सारण से सताईस नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों में एक लाख चौदह हजार से अधिक परीक्षण किये गये देश ने कोविड उन्नीस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है पिछले छह महीनों में पहली बार कोविड उन्नीस से संक्रमितों की संख्या गिरकर उन्नीस हजार से कम हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारत में करीब दो लाख अठहत्तर हजार मरीज अभी संक्रमित हैं जो एक सौ सत्तर दिनों के बाद सबसे कम संख्या है देश में संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है कुल संक्रमितों में से वर्तमान में दो दशमलव सात चार प्रतिशत का ही उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान इक्कीस हजार से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानवे दशमलव आठ दो प्रतिशत हो गई है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्रशासन प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है डॉक्टर सतपथी ने इस महामारी के समय पांच सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया साउंड बाईट पहला है कि हम अपने फेस पर जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर एल्कोहल बेस हैंडवॉश से रब करना चाहिए

तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठकर क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुली जगह पे जहां पे हम दो गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेज डिसइन्फेक्शन के कम होते हैं चौथा है कि जब भी हम खांसे या छींकें हमें कफ ऐटिकेट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए यानि कि अपने कोहनियों को मोड़कर उसके अन्दर हम छींकें पांचवा ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का न सिम्टम्स हो बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मैल हो इस तरह के कोई भी सिमटम्स हों तो हमें तुरन्त टैस्ट करा लेना चाहिए नियर बाइ सेंटर में कोरोना वैक्सीन जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह तक बिहार को उपलब्ध हो जायेगी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार जनवरी के अंत तक वैक्सीन को बिहार भेज सकती है प्राप्त जानकारी के अनुसार इन वैक्सीनों की सुरक्षित रख रखाव के लिये साढ़े आठ हजार से अधिक पंचायतों को डीप फ्रिजर वॉकिंग कुलर समेत अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं जनता दल यूनाईटेड अगले साल पश्चिम बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चूनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा यह निर्णय जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक में लिया गया इसके साथ ही पार्टी देशभर में अपने संगठन का विस्तार करेगी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि राज्य कार्यकारिणी ने विधानसभा चूनाव में जदयू उम्मीदवारों की हार के कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी सभी जिला अध्यक्षों को सौंपी है इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुये सांसद आर सीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया अध्यक्ष चुने जाने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी अनुशासन और सिद्धांतों से चलती है उन्होंने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में नये नगर निगम और नगर निकाय बनाने का फैसला बीस लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि नये नगर निगम नगर पंचायत और नगर परिषद गठित करने से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और विकास की गति तेज होगी इससे राज्य की शहरी आबादी राष्ट्रीय औसत इकतीस प्रतिशत से अधिक हो जाएगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि पार्टी सभी जिलों में तीस जनवरी तक हर मोर्चे का गठन कर लेगी पटना में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि पार्टी को पंचायत स्तर तक मजबूत करने के लिये सांगठनिक पहल की जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीस दिसंबर को बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दो हजार बीस सम्मान से सम्मानित करेंगे यह सम्मान कोरोनाकाल में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहंचाने के लिये प्रदान किया जा रहा है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा सम्मान समारोह में संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पटना के पीएमसीएच सहित प्रदेशभर के अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है हड़ताल समाप्ति के लिये कई पहल हुई लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया इस बीच पीएमसीएच प्रशासन ने हड़ताल में शामिल डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है डॉक्टरों की स्टाइपेंड काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है इधर आज हड़ताली डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करेगा वहीं राज्य सरकार हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की संभावना पर भी विचार कर रही है उधर हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है और मरीजों का पलायन शुरू हो गया है हालांकि सरकार स्वास्थ्य सेवा को सुचारू बनाये रखने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रही है पटना स्थित एम्स में छह महीने बाद आज से फिर ओपीडी की सेवा शुरू हो रही है एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि ओपीडी को सैनिटाइज किया गया है और एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट को अस्पताल में प्रवेश मिलेगा इलाज के लिये आने वाले सभी मरीजों को एक दिन पूर्व ही ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा मरीज को अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा साथ ही बिना मास्क के किसी को अस्पताल में प्रवेश नहीं मिलेगा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्फीली हवाओं से थोड़ी राहत मिली हुई है जबकि दक्षिण पश्चिमी बिहार में कई जगहों पर फिर से शीतलहर ने दस्तक दे दी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य पर नहीं पड़ने वाला है अब दो जनवरी तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है इसके बाद ही मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है पश्चिमी हवाओं के कमजोर होने से उत्तरी बिहार के अधिकांश हिस्सों में कोहरा का प्रभाव बढ़ सकता है उधर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है गया का न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो भागलपुर का नौ दशमलव छह और पूर्णिया का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया प्रदेश में अधिकतम तापमान फारबिसगंज में चौबीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया केंद्रीय खेल मंत्रालय ने देश में खेल कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है इसमें कहा गया है कि सभी एथलीटों और सहायक कर्मियों का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए आयोजन समिति प्रत्येक खेल प्रतियोगिता के लिए कोविड कार्य बल का गठन करेगी यह कार्य बल समय समय पर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी एसओपी और अन्य दिशा निर्देशों के प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा खेल मंत्रालय ने अपने परिपत्र में कहा है कि दिशा निर्देश सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किए गए हैं और प्रतियोगिताओं का संचालन गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार से किया जाना चाहिए बेगूसराय जिले में तेरह से पैंतालीस आयु वर्ग के जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल खेला गया मैच में तेरह वर्ष के आयु वर्ग में विष्णुप्रिया केशव राज वाशवी भूषण और हर्ष साह विजेता रहे जबकि सोलह वर्ष के आयु वर्ग के रोशन कुमार उन्नीस वर्ष के आयु वर्ग के सिंगल में ओंकार और डबल में ओंकार और आदया पैंतीस वर्ष के आयु वर्ग में भरतरंजन और अंजनी पैंतालीस वर्ष के आयु वर्ग में प्रदीप और अभय विजयी हुए सरकार सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने और बाजार उपलब्ध कराने के लिये दस जिलों में सब्जी उत्पादक किसानों का सर्वे करवायेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार खुदरा सब्जी विक्रेताओं को संगठित करने और उनको सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी कोशिश कर रही है सरकार ने सर्वे का काम एक एजेंसी को दिया है जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सांसद आरसीपी सिंह की ताजपोशी को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाई है हिन्दुस्तान ने इस खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुये शीर्षक लगाया है आरसीपी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को भी सुर्खी बनायी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सीएम बनने की एक पाई इच्छा नहीं थी दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन से जुड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है कोई माई का लाल नहीं छीन सकता किसानों से उनकी जमीन दैनिक भास्कर ने प्रदेश में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है हड़ताली डॉक्टरों को चौबीस घंटे में हॉस्टल खाली करने का निर्देश कोर्ट में केस करेगी सरकार प्रभात खबर ने बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान हंगामे की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पेपर वायरल की अफवाह पर औरंगाबाद के एक सेंटर पर हंगामा नहीं हुई परीक्षा

स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार नौ प्रतिशत

और बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिये चुना गया